राज्य में जल्द ही तीसरा कोविड सर्किट धनबाद बोकारो और गिरिडीह के बीच शुरू होगा मरीजों को मिल सकेगी ऑक्सीजन बेडों की जानकारी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

तीन आसान उपायों का पालन करे और सुरक्षित रहें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

कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ है राज्य कोरोना झारखंड में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या बढ़कर इकसठ हजार एक सौ सतहतर पहुंच गई है जबकि पांच हजार दो सौ तिरानबे लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं राज्य में एक हेफ्ते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है इस दौरान संक्रमण की दर में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब पंद्रह प्रतिशत के लगभग पाया गया है पिछले चौबीस घंटों में कुल पांच हजार नौ सौ तिहतर नये सक्रिय मामले सामने आए हैं कल राज्य में एक सौ छत्तीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख दस हजार सतर लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुंकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहतर दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है प्रामर्श जारी केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुडे प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आठ लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवायें ली जाएंगी मंत्रालय ने कहा है कि आयुष डॉक्टर संस्थागत रूप से योग्य पेशेवर और चिकित्सा देखभाल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं मंत्रालय कर्मियों की तैनाती में और आयुष अस्पतालों को समुचित सुविधाओं से युक्त कोविड अस्पतालों में बदलने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करेगा

डाक विभाग केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड से संबंधित सभी आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने सीमा शुल्क अधिकारियों के सहयोग से एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की संचार मंत्रालय ने बताया है कि डाक विभाग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है

मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता नोडल अधिकारियों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी विवरण भेज सकते हैं

कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालय कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस वर्ष इक्तीस मई तक किसी प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया है आयोग ने यह भी कहा कि स्थानीय परिस्थिति और जारी गाइडलाइन के आधार पर ही ऑनलाइन परीक्षा लें आयकर छूट कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के नियमों में छूट दी है अब सभी अस्पतालों नर्सिंग होम औषधालयों और कोविड देखभाल केन्द्रों को रोगियों से दो लाख रुपये तक नकद लेने की अनुमति होगी रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी

कल शाम धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बैठक कर इसकी जानकारी दी उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड सर्किट बनाए जाने से इन जिलों के मरीजों को समय रहते बेड दिलाने का प्रयास किया जाएगा

एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एएसपी अभियान निगम प्रसाद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने टंडवा थाना क्षेत्र के गोंदा पहाड़ी और कुंदा थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापामारी कर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है

दलाईकेला पंचायत के काशीडीह गांव में बागवानी मिशन योजना के लिए स्थल निरीक्षण किया गया है

इससे ग्रामीणों को काफी लाभ पहुंचा है सीबीएसई एप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है

देशभर में टोल फ्री नंबरों से काउंसलिंग देने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर बोर्ड ने घर में सुरक्षित वातावरण में विद्यार्थियों और अभिभावकों की कठिनाइयां दूर करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए यह ऐप तैयार किया है इसके माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाता सोमवार ब्धवार और शुक्रवार को निःशुल्क परामर्श सत्र आयोजित करेंगे विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक और दोपहर डेढ बजे से शाम पांच बजे तक दो स्लॉट बनाए गए हैं उन्हें इनमें से एक स्लॉट चुनना होगा और अपनी सुविधा के अनुसार चैट बॉक्स से जुडना होगा

जिन बच्चों के माता पिता या दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो चुकी है या इलाजरत हैं और उन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है वैसे बच्चों की सूचना लिखित रूप से या दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्डलाइन तथा बाल कल्याण समिति रामगढ़ को दे सकते हैं

स्पेशल स्टोरी जमशेदपुर जमशेदपुर में कोरोना काल में लोगों को डिप्रेशन यानी अवसाद से बचने के लिए निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है लोगों को आपस में बातचीत करने घर पर अपने बच्चों के साथ खेलने लगातार व्यायाम करने की सलाह दी जा रही है

विधायक ने कहा कि कोरोना की जांच और इलाज में आ रही बाधाओं को एक सप्ताह के भीतर दूर कर लिया जायेगा

गोड्डा जिले के महागामा और ललमटिया में कोविड सेंटर बनाया गया है इस सेंटर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपने फंड से ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं

प्रधानमंत्री का फोन फिर सीएम का ट्वीट ट्विटर वार हुआ शुरू शीर्षक से प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ट्विटर पर की गई टिप्पणी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है देश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत कई राज्यों में टीके की कमी की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है दैनिक हिंदुस्तान ने कोरोना से बचने के लिए बच्चों में इम्युनिटी को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह की खबर को पहले पन्ने पर ग्राफिक्स के माध्यम से पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति न कर पाने पर दी गई चेतावनी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है